प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन फॉर फर्सट टाइम वोटर्स को भारत निर्वाचन आयोग ने भी सराहादेश में इस प्रकार का पहला सत्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा सरकार के दो साल के कार्यकाल में ढाई लाख युवाओं को मिला रोजगारकांग्रेस ने कहा हर मोर्च पर विफल साबित हई सरकार प्रदेश भर में छाया होली का खुमारगढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जगह जगह आयोजित हो रहे होली मिलन कार्यक्रम बाजार भी हुए गुलजार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोलिंग के लिए जो रिजर्व ईवीएम जाएंगी उनकी जीपीएस ट्रैकिंग की जायेगी

इसके लिए प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जायेगा

इनकी संख्या बढ़ भी सकती है उन्होंने बताया कि ऑक्जीलरी बूथ का भी प्रावधान किया जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए आयकर विभाग के साथ भी समन्वय किया गया है

इस दौरान आईजी दीपम सेठ ने चुनाव में किए जा रहे सुरक्षा बंदोबस्त पर विस्तार से जानकारी दी

वल्नरेबल बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बेल और क्रिटीकल बूथ पर पीएसी अतिरिक्त रूप से तैनात की जाती है

इसमें सभी रैंक के अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं इस बार की खास बात ये है कि महिला फोर्स भी बड़ी संख्या में लगाई जाएगी

चुनाव ड्यूटी में लगे सभी पुलिस कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है इस बीच पांचों संसदीय क्षेत्रों में नामांकन पत्र जमा करने के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक कहीं से भी नामांकन पत्र जमा किये जाने की खबर नहीं है स्लग सौजन्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिजर्व ईवीएम की जीपीएस ट्रैकिंग वेबकास्टिंग इलेक्ट्रानिक रोल ईडीसी आदि पर चर्चा की उन्होंने कहा कि क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों पर वेबकास्टिंग की जायेगी चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और अधिकारी अपना मतदान इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यानि ईडीसी और पोस्टल बैलट दोनों तरीके से कर सकते हैं आरओ परिस्थिति के अनुसार ईडीसी या पोस्टल बैलट के माध्यम से कार्मिकों से मतदान करवा सकते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिये

स्लग इंटरेक्टिव सेशन आगामी लोकसभा चुनाव में नये मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए सभी जिलों में इंटरेक्टिव सेशन फॉर फर्सट टाइम वोटर्स का आयोजन किया गया स्वीप द्वारा इस प्रकार का सत्र देश में पहली बार आयोजित किया गया है जिसकी सराहना भारत निर्वाचन आयोग ने भी की है इस दौरान मतदाताओं को जागरूकता शहरी उदासीनता नैतिक मतदान सुलभ चुनाव और प्रथम बार मतदाताओं का महत्व जैसे विषयों कि जानकारी वीडियो फिल्म के माध्यम से दी गयी इसके बाद इन विषयों पर चर्चा परिचर्चा भी की गयी श्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया यह सत्र एक सफल कार्यक्रम साबित हुआ है स्लग डीआईजी पौडी गढ़वाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक अजय रौतेला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए मंडल में पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली हैं उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जिले को अभी तक चार कम्पनी पैरामिलिट्री फोर्स एक कम्पनी पीएसी के साथ ही एक हजार होमगार्ड मिल गए हैं इससे पहले उन्होंने एसएसपी कार्यालय सीओ कार्यालय के साथ ही पुलिस लाइन का निरीक्षण किया उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिये स्लग सरकार के दो साल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने दो साल में पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर सुशासन के जरिए जनता की समस्याओं को तेजी से हल किया उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दो सालों में सरकार ने कहल मिलाकर ढाई लाख युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने दो साल के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल साबित हई है उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति फेल हो चुकी है

इसी कड़ी में कॉलेजों में रुद्रपुर और गदरपुर में युवा मतदाताओं को पारस्परिक संवाद के जरिए जागरूक करने का प्रयास किया गया

इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं ने कहा कि एक एक वोट देश की दिशा बदल सकता है उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम से उन्हें मतदान को लेकर काफी जानकारी मिली है

यह पहल स्वीप कार्यक्रम के तहत शुरू की गयी है इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाएंगे जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अभियान के तहत मतदान की शपथ ली साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों को भी शपथ दिलाई जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पिछले चुनाव में कम प्रतिशत मतदान वाले बूथों पर विशेष फोकस करने कम वोट प्रतिशत के कारणों को जानने की जरूरत है उन्होंने उपस्थित लोगों से मतदाता जागरूकता के लिए सुझाव मांगे

मतदान को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दी गई

प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों के उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई

जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है बाजारों में होली के रंग और पिचकारियों से रौनक बनी हुई है पिथौरागढ़ में भी कुमाउंनी खड़ी होली का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की वहीं बागेश्वर जिले में भी लो ग हर ओर होली के खुमार में डूबे हैं महिला और पुरुष होल्यार खड़ी व बैठकी होली का गायन कर रहे हैं नगरीय क्षेत्र में जहाँ मोहल्लों में लोग टोलियां बनाँकर होली गायन कर रहे हैं वहीं ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक तरीके से दो ताल तीन ताल और चार ताल की खडी होलियों का गायन हो रहा है कोटद्वार भी होली के रंगों से सराबोर है कई लोग होली मनाने अपने गांव जा रहे हैं तो कई अपनों के पास मिलने पहुंच रहे हैं बाजार भी मिठाईयों पिचकारियों और रंगों से सज चुके हैं इस बीच होली के आयोजन में कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के भी शामिल होने की खबर है स्लग कार्यशाला रुद्रप्रयाग में जिला स्तरीय पी सी पी एन डी टी संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लिंगानुपात सुधारने के लिए संवेदीकरण पर जोर दिया गया इस अवसर पर लिंगानुपात संवेदीकरण की शपथ ली गई और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एसके झा ने कहा कि जिले में लिंगानुपात में सुधार हुआ है